आज विश्व रेडियो दिवस पर एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने रेडियो के सभी श्रोताओं को शुभकामनायें दीं और रेडियो से जुड़े उन सभी को बधाई दी है जो अपने श्रोताओं को रेडियो से नवीन सामग्री और संगीत की गूंज सुनाते हैं श्री मोदी ने एक शानदार माध्यम के रूप में रेडियो की सराहाना करते हुए कहा कि यह समाज को घनिष्टता से जोड़ता है श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने हर महीने आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के लिए रेडियो के सकारात्मक प्रभाव का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने भी विश्व रेडियो दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में श्री जावेडकर ने कहा कि रेडियो का लगातार विस्तार हो रहा है

कल लोकसभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोविड ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है आकाशवाणी और एफएम रेडियो पर भी इसका निश्चित रूप से असर पड़ा है

उन्होंने कहा कि यह बजट कोविड की स्थिति से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक प्रोत्साहन देगा श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकर द्वारा किये गये सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी आज लोकसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम किया है और अर्थव्यवस्था के दीर्घावधि विकास के लिए कई कदम उठाए हैं श्रीमती सीतारमण ने विपक्षी पार्टियों के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि सरकार ने इस बजट में विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों में कटौती की है उन्होंने कहा कि बजट में किये गये प्रावधानों को गलत समझा गया है

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने बताया कि जिन लोगों को पहला टीका लगा था उनकी अब दूसरे टीके की बारी है वो अपनी सुविधानुसार आए और दूसरा टीका लगाएं इसी से फिर उनको पूरी तरह इम्युनिटी मिलेगी

कल लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना के खिलाफ लडाई में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को इस महीने की दो तारीख से कोविड टीका देना शुरू कर दिया गया है उन्होंने बताया कि स्वास्थ्यकर्मियों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका देने को बाद अन्य श्रेणियों के लोगों को कोविड टीका लगाने पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल फैसला लेगा

जबकि एक लाख सत्रह हजार सात सौ बीस मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार इक्यासी मरीज की मौत कोरोना से हुई है इधर कल छत्तीस नये कोरोना मरीज मिले हैं हालांकि संक्रमण से कल एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है और एक्यावन मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिली है अबतक तिरपन लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की चुकी है झारखंड में अबतक दो लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है कल सबसे अधिक टीकाकरण दर्ज करने वाले शीर्ष दस राज्यों में झारखंड भी शामिल हो गया है

फरवरी से जिले में कोरोना वैक्सीन की टीकाकरण की दर तेजी से बढ़ी है सबसे ज्यादा टीकाकरण सदर अस्पताल में किया गया है इसके बाद दूसरे स्थान पर बाघमारा है जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉ विकास राणा ने बताया कि जागरूक होने के बाद अब लाभुक भी काफी आने लगे हैं

डॉ राणा ने बताया कि जिले में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद अब तक एक भी साइड इफेक्ट का मामला नहीं आया है इसकी निगरानी के लिए एक अलग टीम बनाई गई है वहीं टीका को लेकर लाभुकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है जिले के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर फ्रंटलाइनर योद्वा टीका ले रहे हैं कोरोना वैक्सीन गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को नहीं देना है जिले में डेढ़ सौ के आसपास ऐसी माताएं हैं जो स्तनपान करवा रही हैं इसमें आंगनबाड़ी कर्मी और सहियाएं ज्यादा हैं मुख्यालय के निर्देश पर फिलहाल इन्हें टीका नहीं दिया जाएगा ऐसे लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है

वर्ष दो हजार चौबीस तक प्रत्येक घर में नल से जल उपलब्ध कराना है उन्होंने बताया कि इसके लिए जल स्रोतों की पहचान की जा रही हैं सरकार ने इस मद में पर्याप्त धन उपलब्ध कराई है

साथ ही पुराने चापाकलों की भी मरम्मती कराई जाएगी

इससे मरम्मती में भ्रष्टाचार खत्म होगा

झारखंड के विकास कुमार इस प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे

इवेंट का समापन रविवार को होगा

यह कार्यक्रम आज रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार इस परिचर्चा में भाग लेंगे

टीम में शामिल बांग्लादेश शिपिंग मंत्रालय के संयुक्त सचिव मोनेमुल हक ने बंदरगाह का भ्रमण करने के बाद बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध अच्छे हैं